अब तक तीस लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है टीका

इक्कीस बच्चों को इलाज के लिए विमान से अहमदाबाद भेजा गया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

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से देश में पैंतालीस वर्ष से अधिक आय़् के लोगों को कोविड टीका लगाये जाने का अभियान तेज हो रहा है सोलह जनवरी को शुरू किया गया यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बन गया है पहले स्वास्थय कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया गया बाद में साठ वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई पहली अप्रैल से पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को यह टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है

देश भर में टीकाकरण केन्द्रों पर पिछले दो दिन में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है हर गुजरे दिन के साथ देश का टीकाकरण अभियान व्यापक होता जा रहा है सौभाग्य के साथ आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में कल एक ही दिन में एक लाख इक्यासी हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया राज्य में अब तक तीस लाख सोलह हजार लोगों को टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पूरे राज्य में दो हजार दो सौ केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है श्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं लेकिन स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में नियंत्रण में है इस बीच राज्य में कोविड के मामले बढ रहे हैं कल पटना में एक सौ चौहत्तर सहित राज्य में कोरोना के चार सौ अठासी नये मामलों की पुष्टि हुई वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार नौ सौ सात है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अग्रवाई में देश भर में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लडाई जारी है श्री प्रसाद आज दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनी कोरोना वैक्सीन सिर्फ भारत में ही नही बल्कि दर्जनों देशों में टीकाकरण हेतु उपयोग में लायी जा रही है श्री प्रसाद ने लोगों से अपनी बारी आने पर बेहिचक हो कर कोविड वैक्सीन लेने की अपील की देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीके लगवा सकें देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं देश में अब तक छह करोड़ सतासी लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल छत्तीस लाख इकहत्तर हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नये मामले और मृतकों की संख्या बढ रही है मंत्रालय ने बताया कि कल देश में कोविड के इक्यासी हजार नये मामले आए हैं कल पचास हजार से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक भी हुए हैं इस समय छह लाख चौदह हजार से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर तिरानवे दशमलव छह सात प्रतिशत हो गई है

उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के अनुपालन को जारी रखने की अपील की है

श्री कुमार ने कहा कि इस मामले की तह तक जांच करायी जायेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री ने यह बातें आज पटना में सात निश्चय योजना के तहत बाल हृद्य योजना का शुभारंभ करते हुए कहीं

केंद्र सरकार ने कार्यों के तुलनात्मक आधार पर देश की पच्चीस पंचायतों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया है इसमें नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सब्बैत और एकंगरसराय प्रखंड के कोशियावां पंचायत का नाम भी शामिल है जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय की ओर से बेहतर काम के आधार पर इन दोनों पंचायतों का चयन किया गया है सब्बैत पंचायत को बेहतर सफाई कार्य और कोशियावां पंचायत को बाल हितैषी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा औरंगाबाद जिले में स्थापित सुपर थर्मल पावर परियोजना से प्रदेश को इस महीने से ग्यारह सौ बीस मेगावाट बिजली मिलने लगेगी नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि परियोजना की दूसरी इकाई से इसी माह से छह सौ साठ मेगावाट बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा

विशेष प्रकार की यह कीड़ा गेहूॅ और मक्का की बालियों को क्षति पहुंचाता है आज प्रभारी जिलाधिकारी शत्रुंजय मिश्र के साथ कृषि विभाग की टीम ने खेतों में पहुंचकर इसका जायजा लिया कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को इसकी रोकथाम के लिए फसलों को खर पतवार से मुक्त रखने और नीम के तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव किये जाने की सलाह दी

आज ही के दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी प्रमुख गिरिजा घरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गयी है बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे ईसाा मसीह के संघर्ष और बलिदान की हमें याद दिलाता है अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि यह दिन प्रभु यीशु के बलिदान का पुण्य स्मृति दिवस है जो हमें उनके जीवन मूल्यों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि हमें ईसा मसीह के जीवन मूल्यों के अनुसरण का संकल्प लेना चाहिए मैथिली के वयोवृद्ध साहित्यकार और विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के अध्यक्ष पंडित चन्द्र नाथ मिश्र अमर का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया निन्यानवे वर्ष की आयु में कल रात मिश्र टोला आवास पर उनका निधन हो गया था साहित्य आकादमी प्रस्कार से सम्मानित पंडित मिश्र ने पचास से अधिक प्रस्तकों का लेखन भी किया था उनके निधन से मैथिली साहित्य जगत में शोक की लहर है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित चन्द्र नाथ मिश्र अमर के निधन से साहित्य जगत को अपुरणीय क्षति हुई है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया है कि पूर्वा हवा का प्रभाव कम होने से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है राज्य के कुछ भागों में लू भी चल सकती है

वहीं बक्सर जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र के नहर लाईन पर ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत हो गयी वहीं ऑटो चालक बुरी तरह घायल हो गया पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार विमल ने कहा है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों के संचालन से जिले के छात्रों का सर्वागींण विकास होगा

जेल महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के बबुरा गांव स्थित हरिजन टोला में झोपड़ी में आग लगने से दो बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक बच्चा बुरी तरह झुलस गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में नल जल योजना के तहत निर्मित पानी टंकी के ढ़हने से एक ग्रामीण की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गये शिवहर जिले में कई थाना क्षेत्रों में एक साथ की गयी छापेमारी में पुलिस ने लगभग चार सौ बोतल शराब के साथ एक महिला तस्कर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

अब तक तीस लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है टीका

इक्कीस बच्चों को इलाज के लिए विमान से अहमदाबाद भेजा गया